किसानों को विधेयकों के बारे में गुमराह किया जा रहा है केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है हरियाणा के कृषि क्षेत्र से सम्बधित विधेयकों को प्रगतिशील किसान संगठन और किसान उत्पादक संघ सहित कई किसान संगठनों से बड़ा समर्थन मिला विधेयकों को किसान हित में बताया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि सम्बधी दो विधेयकों के लोकसभा में पारित होने का स्वागत करते हये इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है उन्होंने कहा कि कृषि स्धार विधेयक देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बेहतद महत्वपूर्ण है

श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि इन विधेयकों से देश के किसान सशक्त होंगे और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का फायदा मिलेगा उन्होंने कहा कि कई ताकते किसानों को नये कानून के बारे में भ्रमित करने में लगी है श्री मोदी ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद पहले की तरह जारी रहेगी उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और कई विकल्प मिलेंगे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शात ने लोकसभा में कृषि सुधारों सम्बधी दो महत्वपुर्ण विधेयकों के पारित पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है कई टवीट कर श्री शाहने कहा कि भारत को अपने मेहनती किसानों पर गर्व है जो देश की ख्शहाली और सम्पदा के सज़न में सहयोग देते है उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि केन्द्र मे एक ऐसी सरकार है जो किसानों के सशक्तिकरण की दिशा मे रात दिन काम कर रही है उन्होंने कहा कि लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना इस दिशा में बेमिसाल कदम है श्री शाह ने कहा कि ये महत्वपूर्ण कानून कृषि क्षेत्र मे बड़ा बदलावा पायेंगे और किसानों का बिचौलियों के च्ंगल से मुक्त करेगे एवं उनकी सभी मुशिकलों को दूर करने में मदद करेंगे केन्द्र सरकार ने स्प्ष्ट किया है कि भारतीय रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है रेलमंत्री पीय्ष गोयल ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब मे यह बात कही

उन्होंने कहा कि रेलवे ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी मॉडल के तहत क्छ पहल की है जिसमें बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए चयनित मार्गो पर यात्रियों रेलगाडियों चलाना भी शामिल किया गया है मंत्री ने कहा कि सभी मामलों में रेल संचालन और स्रक्षा प्रमाणन का काम भारतीय रेलवे के पास ही रहेगा हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा है कि विपक्षी दल केन्द्र सरकार द्वारा किसान हित में बनाये जा रहे तीन कानूनों पर बेवजह राजनीति कर रहे है जबकि हकीकत में यह कानून किसानों को लाभ पहंचाने वाले है उन्होंने कहा कि इसमें किसानों को मंडियो के बाहर अपनी उपज बेचने की आज़ादी दी गई है जबकि मंडियों में फसल की खरीद पहले की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती रहेगी किसान दूसरे राज्यों की मंडियो में भी सुविधाजनक अपनी फसल बेच सर्केगे

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि किसान ख्शहाल तो हरियाणा ख्शहाल और हरियाणा ख्शहाल तो देश ख्शहाल उन्होंने कहा कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पश्धन क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है ताकि पश्पालक किसानों की मदद मिल सकें

इस किसान संगठन ने तीनों विधेयकों को किसानों के हित में बताया है आज भिवानी में प्रगतिशील किसान संगठन के जिलाध्यक्ष क्लदीप सिंह व अन्य किसान राजेश क्मार ने कहा कि क्छ किसान इन विधेयकों से सम्बधित अधयादेशों को पढ़े बिना ही इसका विरोध कर रहे है

इससे किसानों के लिए बाज़ार पूरी तरह खुल जायेगा पंचक्ला में आज किसानों ने केन्द्र सरकार दवारा लोकसभा में पारित कराये गये तीन विधेयकों जो अध्यादेश का स्थान लेंगे के समर्थन में एक एक ट्रैक्टर रैली निकाली निकाली जिले भर से विधेयकों के पारित होने से समर्थन मे आये विभिन्न किसान संगठनों ने रैली के दौरान कहा कि अगर ये कानून ठीक तरह से लागे होते है तो तो किसानों का इसका बहुत लाभ होगा हमारे संवाददाता ने बताया कि इस ट्रैक्टर रैली में किसान उत्पादक संघ प्रगतिशील किसान संगठन और सहकारी किसान संगठन सहित कई किसान शामिल हये उन्होंने विधेयकों के समर्थन में पंचकूला के उपायुक्त को केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के नाम एक ज्ञापन भी दिया

यह निर्णय हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री श्री द्वष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हई बैठक में लिया गया इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे

पंचक्ला जिले में तीन कोविड मरीज़ों सिरसा जिले में दो फरीदाबाद और अम्बाला जिले में दो दो कोविड मरीज़ों की मृत्यु होने की खबर मिली है हरियाणा में बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए हरेरा के अध्यक्ष के के खंडेलवाल ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हये बिल्डर द्वारा किसान की ज़मीन पर ऋण लेने और आवासीय परियोजना पूरी होने तक परियोजना के नमा पर भी किसी तरह का ऋण लेने पर रोक लगा दी है

उन्होंने कहा कि परियोजना को समय पर पूरा करना बिल्डर की जिममेदारी होगी समय पर किस्त चकाने वाले फलैट खरीददार को परियोजना में देरी के कारण न्कसान होने पर खरीददार के पैसे का ब्याज भी बिल्डर ही च्कायेगा हरियाणा में आज कई जगह ई लोक अदालतें लगाई गई